राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश के पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी कानपुर के पीएसआईटी शिक्षण संस्थान में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर आयोजित अतंराष्ट्रीय समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अर्थव्यवस्था ज्ञान के नये आयाम प्रदान करती है उन्होंने कहा कि ज्ञान की ताकत से समाज में हाशिये में जीवन जी रहे लोगों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कानपुर में तीन अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया पीएसआईटी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति श्री कोविंद छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के पहले एल्युमिनाई मीट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए श्री कोविंद स्वयं कानपुर के डीएवी कॉलेज के छात्र रहे हैं जोकि इसी विश्वविद्यालय से जुडा हुआ है इस मीट में देशभर से कई पुराने छात्र भी शामिल हुए छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय म एल्युमिनाई मीट को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए कई छात्रों ने देश दनिया में अपना और विश्वविद्यालय का नाम रौशन किया है बाइट एक ही नगर में स्थित मैं डीएवी कॉलेज का छात्र रहा हूं उसके पहले बीएनएसडी कॉलेज का छात्र रहा

वह भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे और अपनी समतावादी सोच तथा शासन तथा प्रशासन में समाज के वंचित व पिछड़े वर्गो के भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये जाने जाते है इन वर्गो के लोगों के लिये वह आशा की किरण लेकर आये विश्वविद्यालय का आदर्शवाद भी हमने देखा है आरोग्य तमशों ज्योति भी यही संदेश देता है कि आइये अज्ञान के अंधकार से शिक्षा की ज्योति की ओर बढ़े इस विश्वविद्यालय के प्रर्व विद्यार्थियों ने देश दुनिया में अपना और विश्वविद्यालय का नाम रौशन किया है राष्ट्रपति ने कहा कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों को नवाचार और अनुसंधान का केन्द्र बनाया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति का लक्ष्य देश को नालेज सुपर पावर बनाना है यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षा संस्थानों को जिज्ञासा प्रयोग और कौशल का केन्द्र बनाया जाए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सही मायने में तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ देश के समग्र विकास और समाज के सभी वर्गो के लोगों को मिलेगा इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में नये बने अटल बिहारी वाजपेई विधि संस्थान का भी उदघाटन किया उन्होंने विश्वविद्यालय कोष में एक लाख ग्यारह हजार रूपये का दान दिया जिसका उपयोग छात्रों की बेहतरी के लिये किया जायेगा एक अन्य कार्यक्रम में कानपुर नगर निगम की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया राष्ट्रपति कल सुबह दिल्ली के लिये रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ नये जोश से देश के लोगों के सशक्तिकरण और प्रगति के लिये काम करती रहेगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के केन्द्र में छह महीने पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट कर कहा कि पिछले छह महीने के दौरान हमने विकास सामाजिक सशक्तिकरण और देश की एकता को मजबूत बनाने के लिये अनेक निर्णय लिये है और आने वाले समय में भी हम समृद्ध तथा प्रगतिशील नवभारत के निर्माण के लिये और कदम भी उठायेंगे

गौरतलब है कि गत मई में लोकसभा चुनाव जीतकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने दोबारा केन्द्र में अपनी सरकार बनाई है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हाने में देश ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले छह महीने में जम्मू कश्मीर में हिंसा म बहुत कमी आई है सरकार की अन्य उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार वश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए आर्थिक चुनौतियों से निपटने के प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि प्रमुख आर्थिक सुधारों की दिशा में कई प्रयास किये जा रहे हैं और लोगों के पास पैसा आ रहा है

इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक दिसम्बर से फास्टैग द्वारा ही राजमार्गों पर टोल भूगतान करने की घोषणा की थी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ज्यादातर नागरिक अब भी कई कारणों से अपने वाहनों को फास्टैग से नहीं जोड़ पाये हैं इसलिए कुछ और समय दिया गया है

प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तथा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों और खुदरा व्यापारियों का पंजीकरण करने के साथ ही पंजीकृत श्रमिकों एवं व्यापारियों को कार्ड वितरण के लिये प्रदेश भर में आज से छह दिसम्बर तक पेंशन सप्ताह आयोजित कर रही है शासन ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं मेरठ में पेशन सप्ताह का श्रभारम्भ आज मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम ने किया इस अवसर पर श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को पेंशन योजना के कार्ड वितरित किये गये वहीं प्रतापगढ़ में कैम्प लगाकर श्रमिकों का योजना के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया गौतमबुद्धनगर में जेवर के पास बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास का कार्य स्विटजरलैण्ड की कम्पनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशल एजी को मिला है कल खोले गये एक फाइनेंशियल बिड् में ज्यूरिख एयरपोर्ट ने सबसे ऊँची बोली लगाकर इस काम को पाने में सफलता हासिल की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्यूरिख एयरपोर्ट को बिडिंग प्रक्रिया में सफल होने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा व्यक्त की है कि पीपीपी मोड पर बनने वाले इस एयरपोर्ट के विकास का कार्य निर्धारित समय में पूरा होगा राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बीस साल से लम्बित जेवर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को विगत दो वर्षो में धरातल पर लाने का काम केन्द्र सरकार के सहयोग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है राज्य सरकार ने तेज गति से कार्रवाई करते हुए भूमि अधिग्रहण और एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन के लिये ग्लोबल टेंडर और बिडिंग की कार्रवाई की प्रदेश सरकार ने वाराणसी में गंगा नदी से काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग के विस्तारीकरण और सुन्दरीकरण के लिये एक अरब रूपये की धनराशि को अवमुक्त करने की मंजूरी दे दी है